मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बारां जिले में स्थित छबड़ा सुपर किटिकल थर्मल पावर स्टेशन की पांचवीं और छठी इकाई का लोकार्पण करेंगे भूपेन्द्र सिंह राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक बने आईसीसी किकेट विश्व कप में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से

श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में इस मासिक कार्यक्रम की यह पहली कड़ी होगी

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से मन की बात का प्रसारण होगा ये प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आइएन पर भी उपलब्ध रहेगा

कल जयपुर में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर में अशोक का पौधा लगाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि इससे विद्यार्थियों में पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो सकेगी

श्री जावड़ेकर ने कहा कि इसी तर्ज पर देशभर के स्कूलों में स्कूल नर्सरी योजना शुरू की जायेगी उन्होंने देश के शिक्षण संस्थानों को साफ सुथरा बनाये रखने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रयासो की सराहना करते हुए कहा कि उनका मंत्रालय इन प्रयासों में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगा

कल एक दिन के प्रवास पर जयपुर आये श्री शेखावत ने कहा कि पानी के सद्रपयोग के लिए सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास जल के जो संसाधन है उनसे भी देश की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है

देर रात राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी किये राजस्थान पुलिस अकादमी में आज महानिदेशक कपिल गर्ग की सेवानिवृत्ति पर विदाई परेड समारोह का आयोजन किया गया साथ ही नए महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह का स्वागत किया गया इस मौके पर श्री गर्ग ने अपने सेवाकाल और पुलिस सेवा पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस में नागरिकों का सहयोग जरूरी है उन्होंने पुलिस सेवा में मिले सहयोग के लिए राज्य सरकार पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों सहित सभी का आभार व्यक्त किया

कल नई दिल्ली में खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को इस योजना को लागू करने के लिए तैयार रहने को कहा है उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ऐसे राशन कार्ड धारकों को भी लाभान्वित करना है जो एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते रहते हैं उन्होंने कहा कि इससे फर्जी राशन कार्ड धारकों को हटाने में भी मदद मिलेगी

श्री मुखर्जी कल जयपूर के बिडला ऑडिटोरियम में आयोजित राज मेडिकोन की दो दिवसीय कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि चिकित्सक समाज के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं इस अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ्र शर्मा ने कहा कि राज्य में चिकित्सकीय व्यवस्थाओं का तेजी से सुधार हो रहा है उन्होंने कहा कि सरकार हर तबके को अच्छी सेहत का अधिकार दिलाने के लिए विधानसभा के इस सत्र में राइट टू हैल्थ बिल लाएगी